मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज कुम्भ में चल रहा है दूसरा शाही स्नान तीन करोड़ से अधिक श्रद्वालुओं के संगम में स्नान करने की सम्भावना भारतीय जनता पार्टी ने भारत के मन की बात मोदी के साथ अभियान की शुरूआत की आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र तैयार करने में पार्टी लोगों से लेगी सुझाव प्रदेश में कई स्थानों पर घने कोहरे से सड़क यातायात और आम जनजीवन प्रभावित

इस अभियान के अन्तर्गत श्री मोदी ने देश भर के सत्तर नये मॉडल डिग्री कालेज ग्यारह प्रोफेशनल कॉलेज एक महिला विश्वविद्यालय साठ से ज्यादा औन्टर प्रन्योरशिप इनोवेशन और कॅरियर हब का शिलान्यास और उद्घाटन किया इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत द्निया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है भारत द्निया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप का केन्द्र बन गया है उन्होंने कहा कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान के बाद जय अनुसंधान का हमारा संकल्प और सशक्त हो रहा है नये भारत निर्माण के लिए हमारा रास्ता क्या है रिसर्च इनोवेशन इक्यूवेशन और स्टार्ट अप के लिए एक नया इम्प्राइमेंट देश में विकसित किया जा रहा है देश भर के स्कूलों में बन रही अटल टिक्करिंग लैंब को अटल इक्यूवेशन सेंटर्स को जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का हमारा संकल्प आज और सशक्त हो रहा है इस सशक्ति करण का गवाह हमारा श्री नगर दना है जम्मू कश्मीर बना है साथियों ये स्टार्ट अप इंडिया अभियान का ही असर है कि आज भारत चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप नेशन बन गया है

साथियों स्टार्टअप के साथ साथ देश एक एक ग्रामीण इलाकों में टेक्नोलॉजी का विस्तार भी हमारी प्राथमिकताओं में है आज देश भर में तीन लाख से अधिक कॉमेन्स सर्विस सेन्टर ग्रामीण को डिजिटल सेवा तो दे रही है लाखों युवाओं को रोजगार से भी जोड़ रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर का विकास हमारी प्राथमिकता है सरकार आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्द है जम्मू कश्मीर के नौजवानों और पूरे देश को ये विश्वास दिलाता हूं इस आरंभ का पूरी ताकत से मुकाबला किया जाएगा हर आतंकी को मुंह तोड़ जवाब दिया जायेगा

हम जम्मू कश्मीर में भी आतंकवाद की कमर तोड़ करके ही रहेंगे जम्मू कश्मीर का विकास यहां के लोगों का विकास ये हमारी प्राथमिकता है और हमेशा रहेगी

प्रयागराज के कुम्भ में आज मौनी अमावस्या के अवसर पर दूसरा शाही स्नान चल रहा है आज के दिन तीन करोड़ से अधिक श्रद्वालुओं के गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम पर स्नान करने की सम्भावना जताई जा रही है एक अनुमान के मुताबिक अब तक स्नान के लिए डेढ़ करोड़ से अधिक श्रद्वालु संगम के विभिन्न घाटो पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को मौनी अमावस्या की हार्दिक बधाई दी है प्रयागराज के संगम से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट महानिर्वाणी और अटल अखाड़ों के साधु और संतो ने सबसे पहले संगम के बने घाटों पर पवित्र ड्वकी लगाई विभिन्न अखाड़ों द्वारा शाही स्नान की प्रक्रिया दोपहर बाद तक जारी रहेगी

सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गये हैं दिव्य भव्य और स्वच्छ क्म के लिए एक लाख बीस हजार से अधिक शौचालय बनाए गये हैं और बीस हजार से अधिक कूड़ेदान अलग अलग स्थानों पर रखे गर्य हैं एमएसयादव आकाशवाणी समाचार कुम्ममेला प्रयागराज वाराणसी में भी श्रद्वाल् पवित्र गंगा नदी में स्नान कर के वहां के मंदिरों में दर्शन प्रजन कर रहे हैं मिर्जाप्र में गंगा नदी के विभिन्न घाटों पर स्नान करने के बाद श्रद्धालुओं द्वारा माँ विन्ध्यवासिनी देवी के दर्शन पूजन का सिलसिला चल रहा है जौनपुर में गोमती नदी के प्रमुख घाटों पर स्नान करने के बाद लोग दान पुण्य कर रहे हैं चित्रकूट में श्रद्वालु मंदाकिनी और यमुना नदी में स्नान कर के विभिन्न मंदिरों में दर्शन प्रजन कर रहे हैं भरत कूप पर भी श्रद्वालओं की भारी भीड़ लगी हई है

प्रदेश के विमिन्न नदियों सरोवरो और तालाबों में श्रद्वाल स्नान दान कर के पृण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोक सभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में लोगों के सुझाव शामिल करने के लिए एक महीने के अभियान की शुरूआत की है भारत के मन की बात मोदी के साथ नाम के इस अभियान का शुभारम्भ पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और वरिष्ठ पार्टी नेता तथा गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कल नई दिल्ली में किया इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि विश्व में अपनी तरह का यह पहला अमियान होगा उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए किसानों युवाओं महिलाओं के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा सहित विभिन्ना मुद्दों पर लोगों के सुझाव मांगे जायेंगे हमारी ये संकल्प पत्र समिति समाज के सभी स्टेक होल्डर्स और विषय विरोपज्ञों के साथ पर्टिक्लर सब्जेक्ट सतए पर्टिक्लर सेक्टहर्स के जो स्पेशलिस्ट होंगे हम उनसे भी भेंट करके उनकी राय को जानने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री ने सभी से कहा है कि वे भारत के मन की बात मोदी के साथ अभियान में भाग लें श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि सहभागी लोकतंत्र भाजपा के लिए भरोसे का मुद्दा है उन्होंने कहा कि जनता की आवाज सबसे महत्वपूर्ण है इसलिए लोगों के सुझावों से पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र की रूपरेखा तैयार की जायेगी

कल नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ तृणमूल कांग्रेसपार्टी पर भाजपा को राज्य में रैलियां आयोजित करने से रोकने के लिए गैर लोकतांत्रिक तरीके इस्तेमाल करने का आरोप लगाया लोकतंत्र में आपको विरोध का विचार रखने की अन्मति नहीं दी जाएगी यह मामला छोटानहीं है भारत के रूलिंग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका हेलीकाप्टर उतरने नहींदिया जाता है और बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का हेलीकाप्टरनहीं उतरने दिया जाता है यह क्या हो रहा है

तो लोकतंत्र के लिए अपने विचार रखने का अवसर और अधिकर दोनों मिलना चाहिए

उन्होंने आशा व्यक्त की कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बह्मत से केन्द्र में सरकार बनायेगी कल मिर्जापुर मण्डल के सेक्टर संयोजकों के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए श्री मौर्य ने यह बात कही उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से केन्द्र और प्रदेश की योजनाओं और विकास कार्यक्रमों का जनता के बीच प्रचार प्रसार करने का आह्वान किया सम्मेलन में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल और मण्डल के तीनों जिलों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे उपमुख्यमंत्री श्री मौर्य ने मिर्जापुर जिले में भटौली पक्का पुल और गंगा नदी पर बनने वाले चार पांटून पुलों सहित कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया

लोगों को सड़कों के सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूक और संवेदनशील बनाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजत किए जा रहे हैं केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह विदेशमंत्री सुषमा स्वराज तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी महात्मा गांधी की डेढ़ सौ वीं जयंती के उपलक्ष में नई दिल्ली में राजघाट स्थित गांधी स्मृति पर मोटरकार रैली को रवाना करेंगे

जिससे कारण सड़क और रेल यातायात के साथ आम जन जीवन भी प्रमावित हो गया है कोहरा और गलन बढ़ने से तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है कई जिलों में न्यूनतम तापमान दस डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है मौसम विभाग के अनुसार कोहरे और ठण्ड का सिलसिला अभी जारी रहेगा

इसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाकर समुचित कारवाई के लिए सरकारों पर दबाव बनाकर घातक रोग से होने वाली मृत्यु पर अंकुश लगाना है